योनसेई विश्वविद्यालय इस स्वतंत्रता संग्राम का केन्द्र था संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने इस अवसर पर अपने संबोधन में विश्वशांति जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों के समर्थन में प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की

मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू सेक्टरों में भी हवाई यात्रा के अधिकार की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कांस्टेबल हैड कांस्टेबल और एएसआई रैंक के लगभग सात लाख अस्सी हजार कर्मियों को तुरंत फायदा होगा जो अभी तक इस सुविधा के पात्र नहीं थे कोन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि ये मंजूरी ड्यूटी के साथ साथ अवकाश पर आने जाने के लिए भी दी गई है

इनमें पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण की याचिका भी शामिल थी

हमारे संवाददाता ने बताया है कि नये साल की शुरूआत के बाद से हर रोज कई लोगों में इस बीमारी की प्रष्टि हो रही है

विभाग के अतिरिक्त निदेशक रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं

प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर आज जयपुर में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गयी बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों से तैयारियों की जानकारी लेते हुए आपसी समन्वय से सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजमेर और टोंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए

बैठक में निर्यात संवर्द्वन परिषद के प्रस्तावित प्रारूप को और अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव के उददेश्य से एक अनौपचारिक कमेटी का भी गठन किया गया

हनुमानगढ जिले का चयन पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में किया गया है

राजधानी जयपुर में वकीलों की रैली जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर हाईकोर्ट तक पहुंची आज शाम अधिवक्ताओं और हाईकोर्ट प्रशासन के बीच वार्ता हुई जिसके बाद बार एसोसिएशन ने दो माह के लिए हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया